इनमें हिमानी चामुंडा और पलचान से रोहतांग तक के प्रोजेक्ट शामिल हैं इन परियोजनाओं पर काम करने के लिये पर्यटन विभाग को एफसीए की अनुमति मिलने से पहले से तय कम्पनियां इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू कर देंगी

ग्रीष्मोत्सव अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से ऐतिहासिक रिज मैदान पर शुरू होने जा रहा है जिसका शुभारंभ राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे

ये बसें पुराने बस अड्डा से संजौली ढली और मैहली रूट पर चलेंगी

ग्रीष्मोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में इंडियन आइडल फेम कृतिका तंवर अनुज शर्मा और पार्श्व गायिका डॉ ममता जोशी मुख्य आकर्षण रहेंगी अमरनाथ यात्रा अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक एक लाख दस हजार से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं

ऑनलाईन पंजीकरण की शुरूआत पिछले सप्ताह हुई थी इस यात्रा पर जाने वाले श्रद्वालु अपना पंजीकरण पंजाब नेशनल बैंक जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक की शाखाओं के माध्यम से करवा सकते हैं विधिक साक्षरता शिमला ज़िले की ग्राम पंचायत बल्देयां में कल विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी परविन्दर सिंह अरोड़ा ने शिविर की अध्यक्षता की इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने लोगों को सूचना का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण और घरेलू हिंसा सहित विभिन्न अधिनियमों से अवगत करवाया मौसम प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कल शाम हुई वर्षा से अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

अमर उजाला के शब्द हैं विकास की जरूरत वाले क्षेत्र से होगा मंत्री वहीं आपका फैसला ने शीर्षक दिया है सही समय पर होगा मंत्रिमण्डल का विस्तार रोहतांग और हिमानी चामुंडा रोपवे के निर्माण को केन्द्र से मिली मंजूरी अमर उजाला की खबर है जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं केन्द्र सरकार ने दी हिमाचल में दो रोप वे बनाने की मंजूरी मौसम पर अमर उजाला ने शीर्षक दिया है हिमाचल में प्रचंड गर्मी के बीच राहत की फ़्हार दैनिक भास्कर की सुर्खी है बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत दो डिग्री पारा गिरा हिमाचल दस्तक के शब्द हैं ऊफ ये गर्मी पहाड़ तपे मैदानों में चली लू दैनिक जागरण के अन्सार कल चलेगी आंधी बरतें एहतियात पंजाब केसरी ने वन मंत्री गोविंद ठाक्र के बयान को शीर्षक दिया है सुलगते जंगलों की आग बुझाने को हेलीकॉप्टर की मदद जबकि आपका फैसला के शब्द हैं जंगलों की आग बुझाने के लिये लेंगे हेलीकॉप्टर की सेवाएं दिव्य हिमाचल लिखता है स्कूलों में भी सेमेस्टर सिस्टम नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में नौवीं से बारहवीं तक दिया सेमेस्टर सिस्टम का प्रस्ताव

मनाली चंडीगढ़ मार्ग पर औट के निकट हुई दुर्घटना पर पंजाब केसरी की सुर्खी है चलती कार पर चट्टान गिरने से चालक की मौत चार पर्यटक घायल